आज बहत्तर लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई

इकतीस लोगों में महामारी की पुष्टि

कल छियासठ ट्रेनों के माध्यम से एक लाख से अधिक कामगार अपने गृह जिले पहुंचेंगे

प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर चौदह सौ पंचानवे हो गयी है आज बहत्तर लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई सबसे अधिक इकतीस मामलों की पुष्टि जहानाबाद जिले में हुई है जिले के सदर काको रतनी फरीदपुर शक्राबाद मोदनगंज हुलासगंज घोषी और मखदुमपुर क्षेत्रों से नये संक्रमण की पुष्टि हुई है वहीं बेगूसराय में भी इस महामारी के बारह नये मामले पाये गये हैं जबकि औरंगाबाद और नवादा में चार चार संक्रमित पाये गये हैं अरवल गया शेखपुरा सुपौल में तीन तीन मामलों की पुष्टि हुई है वहीं समस्तीपुर कैमूर पटना मधुपेरा बक्सर और भागलपुर से भी आज नये मामलों की पुष्टि हुई राज्य में जो लोग संक्रमित पाये गये हैं उनमें आधे से अधिक प्रवासी मजदूर हैं तीन मई के बाद प्रदेश में आये आठ सौ आठ प्रवासी कामगारों को संक्रमित पाया गया है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक संक्रमण के मामले में पटना जिला शीर्ष पर है जहां एक सौ सड़सठ लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है दूसरे स्थान पर मुंगेर जिला है जहां संक्रमितों की संख्या एक सौ तैंतीस है रोहतास इक्यानवे मामलों के साथ राज्य में तीसरे स्थान पर है अब तक पांच सौ चौंतीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है राज्य में पचास हजार पांच सौ तिरसठ सैंपल की अब तक जांच की गयी है प्रदेश में चौदह केन्द्रों पर कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रदेश में सैंपल जांच क्षमता बढाकर प्रतिदिन दस हजार करने का निर्देश दिया है देश में कोविड उन्नीस रोगियों की संख्या एक लाख के आंकड़े को पार कर गयी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि संक्रमितों की संख्या एक लाख एक हजार उनतालीस हो गयी है वहीं उनतालीस हजार एक सौ चौहत्तर लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि तीन हजार एक सौ तिरसठ लोगों की मौत हुई है लगभग उनसठ हजार लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है देश में कोविड उन्लीस संक्रमण से मरीजों की स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और यह बढ़कर अड़तीस दशमलव सात तीन प्रतिशत तक पहुंच गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वक्तव्य में कहा गया है कि पिछले चौबीस घंटों में दो हजार तीन सौ पचास मरीज ठीक हुए हैं प्रदेश में विभिन्न राज्यों से विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों द्वारा प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला जारी है आज साठ श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से संतानवे हजार से अधिक लोग अपने गृह जिलो में पहुंच रहे हैं रेलवे कल भी छियासठ विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन करेगा इससे एक लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना है इधर प्रवासी कामगारों के आगमन से कोविड उन्नीस संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हुई है संक्रमण के कुल चौदह सौ पंचानवे मामलों में से आठ सौ आठ संक्रमण प्रवासी कामगारों में पाये गये हैं सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा है कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रखंड मुख्यालयों में सात हजार आठ सौ चालीस क्वारेंटीन केन्द्र बनाये गये हैं इनमें साढ़े पांच लाख लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गयी है इन केन्द्रों से संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने में मदद मिली है उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर से आ रहे है वैसे प्रवासी कामगारों को उनके घरों के पास रोजगार देने के लिए दो करोड़ बावन लाख मानव श्रम दिवस सृजित किये गये हैं वहीं जिन क्षेत्रों में संक्रमण अधिक पाया गया है वहां से फैलाव रोकने के लिए राज्य भर में एक सौ अंठानवे क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है इसके अंतर्गत सात लाख पैंतीस हजार घरों को बाहरी संपर्क से रोक दिया गया है शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय प्रखंड स्थित एक क्वारेंटीन केन्द्र पर सुविधाओं की कमी का आरोप लगाते हुए लोगों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया इस घटना में बारह लोग घायल हो गये बाद में भारी संख्या में पुलिस बलों को केन्द्र पर तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में लाया गया

श्री कुमार ने लोगों से पैदल ट्रक या अन्य प्रतिबंधित साधनों से घर नहीं लौटने की अपील की है मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अगर कोई भी प्रवासी सड़कों पर पैदल चलता हुआ मिले तो उसे बस में बैठकार करीब के रेलवे स्टेशन पहुंचाया जाए ताकि सभी अपने गृह जिले तक सुगमता से जा सके

इसके तहत रेल मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ सलाह मशविरा कर श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाने की अनुमति देगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने चाहिए और फंसे मजदूरों को भेजने और उनके आगमन के लिए आवश्यक प्रबंध करने कर सलाह दी गयी है बाइट दीपेंद्र राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की आवश्यकता के आधार पर रेल मंत्रालय यह तय करेगा कि रेलगाड़ी कितने बजे खुलेगी और कहां कहां रूकेगी इसके बाद रेलवे संबंधित राज्यों को जानकारी देगी ताकि राज्य सरकारें इन राज्यों को उनके घर पहुंचाने के लिए उपयुक्त इंतजाम कर सके रेलगाड़ी में चढ़ने से पहले हर यात्री की जांच की जाएगी और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही यात्रा करने की अनुमति होगी यात्रा के दौरान और स्टेशन पर रहने के दौरान लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा इसके अलावा अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को उस राज्य के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे ने एक हजार पांच सौ पैंसठ श्रमिक विशेष रेलगाडियों के जरिये बीस लाख से अधिक मजदूरों को उनके घर भेजा है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज वियतनाम के निन्यानवे पर्यटकों को नई दिल्ली भेजा गया ये सभी बौद्ध सर्किट पर्यटन के क्रम में बोधगया आये थे और लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे इन पर्यटकों को नई दिल्ली से विशेष विमान के जरिये वियतनाम रवाना किया जायेगा केन्द्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान भी बायोमेट्रिक उपस्थिति स्थगित रहेगी कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कोविड उन्नीस को फैलने से रोकने के लिए सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति के नियमन के बारे में दिशा निर्देश जारी किये हैं लॉकडाउन के चौथे चरण में अब से सार्वजनिक स्थल पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय अपराध भी होगा केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि उनके विभागाध्यक्ष इस संबंध में सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें इस आदेश के तहत सभी सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है कार्यस्थलों के लिए अतिरिक्त निर्देशों में मंत्रालय ने कहा कि जहां तक संभव हो घर से काम करने की आदत अपनानी चाहिए लॉक डाउन के चौथे चरण के लिए बिहार सरकार ने नये दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन में शामिल किया गया है बड़ी संख्या में बाहर से आने वाले लोगों को प्रखंड मुख्यालय स्थित क्वारेंटीन कैम्प में रखा जा रहा है इसलिए यह फैसला किया गया है गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि सभी कंटेनमेंट जोन में केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये सभी प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे कंटेनमेंट और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों को नियंत्रित ढंग से खोला जायेगा इसमें सैलून के साथ साथ कपड़ा और रेडिमेड कपड़ों की दुकान भी शामिल हैं जिलाधिकारी दुकानों को खोलने के दिन और समय का निर्धारण करेंगे उन्होंने बताया कि ओला और उबर जैसी टैक्सी सेवाओं को चिकित्सीय कारणों और विशेष रेलगाड़ियों के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने की अनुमति दी गयी है ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से आदेश निर्गत करेगा अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बसों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा इसके अलावा निजी गाड़ियों से एक जिले से द्रसरे जिले के अंदर आम लोगों का आवागमन पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेगा लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रदेश में सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान होटल रेस्त्रां सिनेमा हॉल जिम शॉपिंग मॉल और कॉम्पलेक्स सार्वजनिक सभा धार्मिक स्थल और पार्क जैसे स्थान पूर्व की तरह बंद रहेंगे रेहड़ी और ठेला वालों को दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है प्रदेश में लॉकडाउन के उल्लंघनके आरोप में दो हजार दो सौ उनसठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि चौहत्तर हजार से अधिक वाहनों की जब्ती हुई है प्रलिस मुख्यालय में अपर महानिदेशक जितेन्द्र कुमार ने बताया कि बाईस मार्च से अब तक जुर्माने के रूप में साढ़े सत्रह करोड़ रुपये से अधिक वसूले गये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यस्थलों पर कोविड उन्नीसको फैलने से रोकने को उपायों के बारे में दिशा निर्देश जारी किये हैं मंत्रालय ने कहा है कि फ्लू जैसी बीमारी से पीडित कर्मचारी को कार्यालय नहीं जाना चाहिए और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों से चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए यदि यदि किसी व्यक्ति में कोविड उन्नीस संक्रमण की प्रष्टि होती है या इसका संदेह होता है तो उसे तुरन्त कार्यालय को सूचित करना चाहिए यदि कोई कर्मचारी अपने निवास क्षेत्र के कंटेन्मेंट जोन के आधार पर घर पर क्वारंटीन होने का अनुरोध करता है तो उसे घर से काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इस अतिरिक्त अनाज से वैसे प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून एनएफएसए या अन्य किसी योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं राज्य में आठ करोड़ सत्तर लाख से अधिक लोग खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत आते हैं

रोहतास लखीसराय और खगड़िया के कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किये

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक और शिक्षाविद कमाल फारूकी ने कहा है कि लॉकडाउन आगे बढाने का निर्णय सही लिया गया है श्री फारूकी ने मुस्लिम समुदाय से रमजान के आखिरी जुमा जुमातुल विदा और ईद उल फितर की नमाज सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ही अदा करने की अपील की

भागलपुर जिले के खरीक थाना क्षेत्र के अंबो मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इकतीस पर आज सुबह ट्रक और बस के बीच टक्कर में नौ प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई जबकि बारह अन्य घायल हो गये राज्यपाल फागू चौहान ने दुर्घटना पर शोक संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना के प्रति दुःख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने इस हादसे में मृतकों के निकट आश्रितों को चार चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है

मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान उम्फन का प्रदेश में बहुत अधिक प्रभाव नहीं होगा अगले दो दिनों तक राज्य के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है इधर आज दरभंगा सीतामढ़ी मध्यबनी समेत आसपास के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन के समय बादल छाये रहे

आज बहत्तर लोगों में संक्रमण की प्रष्टि हुई

इकतीस लोगों में महामारी की पुष्टि

कल छियासठ ट्रेनों के माध्यम से एक लाख से अधिक कामगार अपने गृह जिले पहुंचेंगे